आज धर्मशाला में दो दिन के वैश्विक निवेशक सम्मेलन राइजिंग हिमाचल का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि देश का विकास नये विचारों और नये दृष्टिकोण के साथ तेजी से हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले इस तरह के निवेशक सम्मेलन देश के कुछ शहरों मे ही आयोजित होते थे लेकिन अब स्थिति बदल गई है उन्होंने कहा कि अब राज्य भी निवेशकों को अपने यहां आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्द्धा में आ गये हैं मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षो से राज्य सरकारें निवेशकों को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान देने लगी हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षो के दौरान पांच लाख करोड़ रूपये के सार्वजनिक आधारभूत ढांचा कोष का लाभ हिमाचल प्रदेश को भी मिलेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा कल किये गये एक महत्वपूर्ण फैसले से साढ़े चार लाख मध्यम वर्ग के परिवारों का अपने घर का सपना पूरा होगा

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि इन्वेस्टर मीट से प्रदेश में समावेशी सामाजिक और आर्थिक विकास को बल मिलेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अपनी निवेश नीति के अंतर्गत लुभावने प्रोत्साहन उपलब्ध करवा रही है साथ ही प्रदेश को निवेश के लिए और अधिक आकर्षक व निवेश मित्र बनाया जा रहा है इसी के चलते सरकार ने राईजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वैस्टर मीट जैसा ऐतिहासिक निर्णय लिया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए पर्यटन फिल्म सूचना प्रौद्योगिकी आयुष और अफोरडेबल हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में प्रभावशाली नीतियां बनाई गई है उन्होंने कहा कि सरकार पर्यटन को प्रदेश के विकास के लिए प्रमुख ईजन के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जयराम ठाकुर ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र उन्नति कर रहा है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश ने नई छवि बनाई है उद्योग मंत्री बिकम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ईज़ ऑफ डुईंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे सिस्टम को डिजिटाईजड कर दिया गया है रेणुका अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेला आज हर्षोल्लास के साथ आरंभ हो गया विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने देव पालकियों को कंधा देकर श्री रेणुका जी मेले का शुभारंभ किया मेले की शोभायात्रा ददाहू से शुरू हुई जो त्रिवेणीघाट संगम पर पहुंची जहां माता रेणुका और उनके पुत्र भगवान परशुराम का मिलन हुआ शोभायात्रा में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया परंपरा के अनुसार भगवान परशुराम की पालकी को जामो कोटी गांव के प्राचीन मंदिर से रेणुका जी लाया जाता है और स्नान सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है विधानसभा अध्यक्ष ने देर सांय दीप प्रज्जवलित कर श्री रेणुका जी मेले की प्रथम सांस्कृतिक संध्या का भी शुभारंभ किया उन्होंने इस मौके पर कहा कि मेले हमारी संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं शहीद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तैनाम सोलन जिला के सुबाथू के रहने वाले जवान भीम बहादुर शहीद हो गए हैं भीम बहादुर राष्ट्रीय राईफल में तैनात थे और श्रीनगर में गश्त के दौरान शहीद हो गए

आज दिन भर भीम बहादुर के घर सांतवना देने वालों का तांता लगा रहा शहीद भीम बहादुर का पार्थिव शरीर आज देर रात या कल तक सुबाथू पहुंचने की उम्मीद है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भीम बहादुर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है मौसम हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के जनजातीय और अधिक उंचाई वाले इलाकों में बीती रात से रूक रूक कर व्यापक बर्फबारी हो रही है इस दौरान राजधानी शिमला सहित राज्य के निचले क्षेत्रों में वर्षा भी हुई जिससे तापमान में जोरदार गिरावट आई है और प्रदेश में सर्दियों की शुरूआत हो गई है हमारे लाहौल स्पिति प्रतिनिधि कुंदन शर्मा के मुताबिक बारालाचा दर्रे पर आज तीन फुट ताजा हिमपात और रोहतांग दर्रे पर दो फुट हिमपात दर्ज किया गया है इसके चलते मनाली लेह सड़क पर यातायात ठप्प हो गया है केलंग में तीन और कोकसर में छः इंच बर्फबारी दर्ज की गई रोहतांग दर्रा बंद होने से लाहौल घाटी के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं किन्नौर चंबा जिला के पांगी और भरमौर तथा धौलाधार की उंची चोटियों पर भी बीती रात और आज रूक रूक कर बर्फबारी हुई